अयोध्या सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में करीब एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित जमीन को केन्द्र को सौंपे जाने का निर्णय किया साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा मुस्लिम समुदाय को उनकी मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाएगी न्यायालय ने केन्द्र तथा उत्तरप्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख स्थान पर मुस्लिम समुदाय के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया शीर्ष अदालत ने दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि राम लला को आवंटित की न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित स्थ्थल के नीचे की संरचना इस्लामिक संरचना नहीं है एक हजार से अधिक पृष्ठों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि हिन्दुओं के इस विश्वास को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म ध्वस्त ढांचे के स्थान पर हुआ था न्यायमूर्ति एसए बोबडे डीवाई चन्द्रचूड अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि विवादित दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि का मालिकाना हक रामलला को सौंपा जाएगा जो इस मुकदमें के तीन पक्षकारों में से एक है पंरतु यह भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में रहेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में भय कट्ता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना है हमारे बीच का सौहार्द हमारी एकता हमारी शांति देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नौ नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे ही है आज के दिन का संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है अयोध्या अपील देशभर में राजनीतिक नेताओं विद्वानों और धर्म गुरूओं ने लोगों से अपील की है कि वे रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखें शाह बघेल बातचीत अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्रभाष पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है राज्य सरकार पूरी तरह चौकन्नी है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम रहेगी जिसके लिए राज्य शासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है मुख्यमंत्री ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला आया है इस फैसले का हम सम्मान करते हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने के साथ ही आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की है कांग्रेस आंदोलन स्थगित अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केंद्रीय पूल में चावल लेने की मांग को लेकर तेरह नवंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज चिरमिरी में आयोजित जनसभा में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसे देखते हुए दिल्ली कूच की यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है मामला शांत होने के बाद इस मुद्दे को लेकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस द्वारा दिल्ली कूच करने के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा है कि इस फैसले के बाद अब राष्ट्रीयता और देशभक्ति की अनुगूंज चारों ओर सुनाई देगी मुख्यमंत्री कोरिया सूरजपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के चिरमिरी में करीब एक सौ चार करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने केल्हरी को तहसील बनाने सोनहत में महाविद्यालय खोलने और बैकुंठपुर में हवाई पट्टी निर्माण की घोषणा की इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण से मुक्ति के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गुरूवा घुरूवा और बाड़ी योजना वरदान साबित हो रही है उन्होंने फिर दोहराया कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों से हर हाल में पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद थे इसके पहले मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में चार एंबुलेंस गाड़ियों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण कल दस नवम्बर को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा

लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सेंटर की शुरूआत की मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना का उद्देश्य जिले के शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरुप कैरियर परामर्श प्रदान कर देश के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों में रोजगार प्रदान किया जाना है माशिमं परीक्षा शुल्क प्रदेश में चालू शिक्षा सत्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के वर्ष दो हजार पंद्रह के आदेश के अनुसार विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का प्रावधान पहले से ही लागू है इसके अनुसार ही विद्यालयों में शुल्क लिया जाता है इसके अलावा कोई नया शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में धमतरी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी ट्रेन रद्द बिलासपुर स्टेशन के पास चुचुहियापारा फाटक में अंडरब्रिज निर्माण के चलते इस मार्ग पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है इस दौरान दस ग्यारह तेरह और सोलह नवंबर को करीब ग्यारह ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग तिथियों में बारह ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी दस तेरह और सत्रह नवंबर को कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस रद्द रहेगी इसी तरह दस तेरह और सोलह नवंबर को रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी नौ और बारह नवंबर को रायपुर गेवरा रोड पैसेंजर रद्द रहेगी इसके अलावा कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया जाएगा पंजा कुश्ती इकतालीसवीं विश्व सब जूनियर जूनियर सीनियर मास्टर और दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर छह पदक जीते हैं इनमें भारतीय टीम के हरीश वर्मा को रजत राकेश साहू को कांस्य अरविंद रजत को रजत और नसीमा को कांस्य पदक शामिल हैं